शेष करीब दस हजार टन काफी समय तक इधर उधर बिखरा रहता है इस कचरे को इकट्टा करना बड़ी समस्या है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए आदत सुधारना जरूरी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुझाव दिया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने का सामूहिक फैसला करने के बारे में सदन में विशेष चर्चा होनी चाहिए

सदस्यों ने अध्यक्ष के सुझाव का स्वागत किया और चर्चा कराने पर सहमति जताई केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिदिन कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को बंद कर दिया है

ई सिगरेट केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह विधेयक लोगों को ई सिगरेट के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए लाया गया है

युवाओं को ई सिगरेट के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में इसके उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश मंजूर किया था पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए विधेयक में एक साल कैद की सजा और एक लाख रूपये जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है ई सिगरेट का भंडारण दंडनीय होगा

ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम का सबसे आम रूप है हाल के अध्ययनों से पता चला है कि ई सिगरेट तम्बाकू का हानिरहित विकल्प बिल्कुल नहीं है बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है हॉट एयर बैलून शो मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि हॉट एयर बलून शो की शुरूआत होने से प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ओर युवाओं का रूझान बढ़ेगा आज देहरादून में आयोजित हॉट एयर बलून शो में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर ट्रिज्म की बहुत सम्भावनाएं हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि हॉट एयर बलून आने वाले समय में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा रूप लेगा उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी हॉट एयर बलून की सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी गौचर मेले में इसकी छोटी सी शुरूआत की गयी थी उन्होंने कहा कि जल्दी ही प्रदेश में एडवेंचर से जुड़ी एजेंसियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा अतिक्रमण देहरादून में नदियों तालाबों और नालों पर अतिक्रमण के मामले पर आज राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की सरकार ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर हटाया जा रहा है वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर गरीब तबके को हटाया जा रहा है

मामले के अनुसार कोर्ट में दायर जनहित याचिका में देहरादून के राजपुर क्षेत्र के नालों खालों और ढांग पर अतिक्रमण और निर्माण की बात कही गई थी

वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे पर किये गए अतिक्रमण और उस पर आश्रम बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पौड़ी के जिलाधिकारी को मौके का मुआयना करने का आदेश दिया है

छात्र आंदोलन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में उन्होंने कहा कि छात्रों का लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाए इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण के लिए स्थायी फीस निर्धारण समिति के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित करने की भी बात कही मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाये हुए हैं मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है बाकी जगह मौसम शुष्क रहेगा

प्रशिक्षण वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग द्वारा टेरिटोरियल सेना की ईको बटालियन के कार्मिकों के लिए वन संवर्धन और वानिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है प्रशिक्षण के दौरान वन संवर्धन के विभिन्न पहलुओं जैसे बीज संग्रह गुणवत्ता मूल्यांकन नर्सरी की स्थापना और रोपणीय पौधों की स्थापना कीट प्रबंधन आदि विषयों पर वैज्ञानिक दुष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई

फिल्म फेस्टिवल प्रदेश के सूचना महानिदेशक डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा है कि राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है इसी के अंतर्गत एकल खिड़की के माध्यम से शूटिंग के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश की फिल्म नीति में अनेक आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं इस विशेष सत्र में मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार केएसपंवार ने कहा कि प्रदेश में रेल सड़क और हवाई कनेक्टीविटी को सुद्रढ़ किया जा रहा है फिल्म जगत से जुड़े लोगों को विशेष प्राथमिकता देकर उनकी शूटिंग में पूरी सहायता की जा रही है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय बोली की फिल्मों के साथ ही हिन्दी फिल्मों को भी राज्य सरकार ने अनुदान देना शुरू कर दिया है सत्र में अभिनेत्री रूप दुर्गापाल ने कहा कि बॉलीवुड से जुड़े उत्तराखण्ड के निर्माता निर्देशक और कलाकार भी प्रदेश को एक बेहतर फिल्म हब बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जन औषधि केंद्र उधमसिंह नगर जिले में खुले पांच प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जिले में अब तक करीब एक करोड़ सैंतीस लाख रुपए की दवाइयां इन केन्द्रों पर बिक चुकी है

अब गदरपुर खटीमा और शक्तिगढ़ में भी इन केंद्रों को खोलने की योजना है मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से रविवार को सुबह ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम को आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क के अलावा दूरदर्शन पर भी सुना जा सकेगा पर्वतारोहण अभियान दल हर्षिल चैली में स्थित हॉर्न ऑफ हर्षिल चोटी को फतह करने के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद नेहरू इन्स्टीटयूट ऑफ माउन्टनियरिंग और एसडीआरएफ का पर्वतारोहण अभियान दल रवाना हो गया है मुख्यमंत्री ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस चोटी को अभी तक पर्वतारोहियों द्वारा फतह नहीं किया गया है पर्वतारोही टीम को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतारोहण अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण और पॉलीथीन का बहिष्कार करने का संदेश भी दिया जाना चाहिए मतदाता सत्यापन निर्वाचन आयोग ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के साथ मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी है चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समय सारणी में हुए संशोधन के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है